इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है रिम्स के कोरोना वार्ड में तैनात डॉक्टरों की टीम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी जीत से कम नहीं है उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत की तरफ बढ़ रहे झारखंड का एक और कदम हैं रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि यह जिले के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव खबर है जल्द ही हम सभी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे और जनजीवन पटरी पर लौट आयेगा इधर पलामू जिले के डेडिकेटेड कोविड नवजीवन अस्पताल तुंबागडा सतबरवा से तीन कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने पर आज उन्हें घर वापस भेज दिया गया है मौके पर पलाम उपायक्त शांतन अग्रहरि ने इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके मरीजों से अभी सतर्कता बरतने की अपील की है और चौदह दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया है

श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचने वाले सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाते हुए बसों से उनके संबंधित जिले में भेज दिया गया इधर प्रवासी मजदूरों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल देर शाम बोकारो रेलवे स्टेशन पहंचेगी आद्रा रेल डिविजन के ए आर एम प्रभात कुमार और जिले के उपविकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने बोकारो रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच और उन्हें उनके गृह जिला भेजने की तैयारियों का जायजा लिया उप विकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने कहा कि श्रमिकों को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी

बोकारो जिले में प्रवासी मजदूरों का आना षुरू हो गया है

कोरोना संक्रमण को लेकर कई निजी कंपनियां भी सहयोग को आगे आ रही हैं इसी क्रम मे आज हैदराबाद की कंपनी मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर ने झारखंड को अच्छी गुणवत्ता वाला एक लाख रियूजेबल मास्क दिया कंपनी के अध्यक्ष टी श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री आवास मे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मास्क सौंपा

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि इस योजना के तहत सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरण के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध करा दिये जाएं

जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में चिकित्सा पदाधिकारियों और वरीय पुलिस प्रषासनिक अधिकारियों की हुई बैठक में रिथति से निपटने को लेकर चर्चा हुई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

साथ ही सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र के आवासीय परिसर का भी मुआयना किया कृषि मंत्री ने कहा कि खूंटी के सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र से पूरे राज्य की सहकारिता गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जायेगी और यह केंद्र राज्यस्तरीय सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र बनेगा सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण का उद्देश्य है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्रषि उत्पादों को ख्याति मिल सके साथ ही दीर्घकालीन योजना के तहत सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र में रिकल्ड और अनरिकल्ड कृषकों को और समाज के लोगों को प्रशिक्षित करना है उन्होंने कहा कि कोरोना से उपजी विपरीत परिस्थिति में समाज को पटरी में लाने में यह सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र सशक्त माध्यम बनेगा उन्होंने कहा कि झारखण्ड के लाह इमली और करंज जैसे वनोत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई जाएगी

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के आरंभिक दिनों से जरूरतमंदों को सेवा सामग्री और मार्ग दर्शन कर रहा योगदा सत्संग आश्रम तीसरे चरण में अपना दायरा बढाते हए पुलिसकर्मियों की भी मदद में शामिल हो गया है